रिकार्ड श्रद्वालुओं ने किये दर्षन

अमिताभ बच्चन और रजनीकान्त होगें इस स्वर्ण जयन्ती संस्करण में सम्मानित

चारधाम यात्रा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार पर्यटन और सर्विस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है और इसी दिशा में काम भी कर रही है देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा पूरी तरह से सफल रही और इसमें रिकार्ड तीर्थयात्री पहुंचे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले अवधारणा थी कि वीआईपी उत्तराखंड में आते हैं तो उससे अव्यवस्था फैलती है जो कि एक गलत विचार है और वीआईपी के उत्तराखंड आने से श्रद्धालुओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है गौरतलब है कि इस बार चारों धामों में पहले की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं

सामुदायिक रेडियो उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण राज्य में सामुदायिक रेडियो को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रहा है देहरादून में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्राधिकरण की एसीईओ रिद्विम अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दूर दराज के इलाकों में कम्युनिटी रेडियो को प्रोत्साहन देना चाहती है ताकि विषम परिस्थितियों में यह रेडियो स्थानीय लोगों के काम आ सकें उन्होंने बताया कि सामुदायिक रेडियो को शुरू करने के लिए आपदा विभाग दस लाख रुपये की मदद देगा साथ ही तीन साल तक दो लाख रुपये की आर्थिक मदद भी देगा आईएमडी दिल्ली के वैज्ञानिक आनंद शर्मा ने कहा कि आपदा की प्रारंभिक जानकारी तभी सफल होती है जब सही तौर पर सूचना लोगों तक पहुंचे कार्यशाला में मुंबई के संस्थान टिस्स से भाग लेने पहुंची डा जानकी अंघेरिया ने कहा कि राज्य सरकार के पास संसाधन हैं लेकिन इस बात की जरूरत है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए यूएसईआरसी के निदेशक दुर्गेश पंत ने कहा कि यह कार्यशाला सामुदायिक रेडियो के लिए महत्वपूर्ण है इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग भी जरूरी है सामुदायिक रेडियो की आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका होगी

उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखना है

श्री मनुज ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सर्वेक्षण के लिए बाल विकास विभाग शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग की भी जिम्मेंदारी तय की

डेंगू नैनीताल हाईकोर्ट ने आज प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि डेंग्र नियंत्रण में है वहीं याचिकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि अभी भी विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे है इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पुनः एक सप्ताह के अन्दर शपथ पत्र के साथ अपना जवाब पेश करने को कहा है मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रँगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ द्वारा की जा रही है भोजपुरी फिल्म मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में भोजप्री फिल्म निर्माता राज जायसवाल एवं फिल्म निर्देशक आदित्य चौबे ने शिष्टाचार भेंट की

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सुन्दरता की दृ ष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है यहां फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन्स हैं फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे यहां प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है

महोत्सव के इस स्वर्ण जयंती संस्करण के दौरान अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा फ्रांस की अभिनेत्री इसाबले ह्यूपर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित करने की इफ्फी की परम्परा रही है इस बार ये प्रस्कार अपने समय की सबसे मशहर फ्रांसीसी अभिनेत्री इजाबल हुपे को सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है

उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सीजर अवार्ड दो बार मिला और इसके लिए सोलह बार नामित की गईं इजाबल हपे ने कान में वायलेट और द पियानो टीचर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार जीते फिल्म एले में अपनी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर के लिए नामित हुईं वे एक सफल रंगमंच कलाकार भी हैं फ्रैंकी उनकी नवीनतम फिल्म है इसमें कैंसरग्रस्त एक फ्रांसीसी अदाकारा की ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अपनी अंतिम विदाई के लिए अपने परिवार को पूर्तगाल ले जाती है इफ्फी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस माहेत्सव का सबसे प्रतिष्ठित प्रस्कार है प्रस्कार में दस लाख रूपये नकद हैं गोवा में एक्टर्स कनेक्ट परियोजना के तहत हुपे एक मास्टर क्लास भी लेंगी

एक टवीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इन्दिरा गांधी की दिल्ली स्थित समाधि शक्ति स्थल पर प्रष्पांजलि अर्पित की प्रदेश में भी कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्वांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया

मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि पालीथिन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास है उन्होंने कहा कि देहरादून में पालीथिन के उपयोग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि कोई भी पॉलिथीन का इस्तेमाल करता नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने लोगों से अपील की है कि पालीथिन के खिलाफ अभियान में सहयोग करें

सर्वे से प्राप्त रिपोर्ट को ग्राम सभा की खुली बैठकों में रखा जाएगा और ये गैप पूर्ति के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार ने ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों की ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना में उन्हीं कार्यो के प्रस्ताव किए जाएं जो कि संबंधित विभागों के मानकों के अंतर्गत आते हों अभियान में सीएसआर में काम कर रही संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए हर घर को नल से जल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए